रूस में मेडिकल की पढाई कर रहे झारखंड सहित देश भर के लगभग छह हजार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की मांग रांची के सांसद ने विदेश मंत्री से की है और झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने कहा महिला सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता होगी इसके साथ ही साइबर अपराध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे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

किसानों को ई नाम से जोड़कर डिजिटल पेमेंट कराने में हजारीबाग ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है हजारीबाग कृषि उत्पादन बाजार समिति के तहत एफपीओ से जुड़कर किसानों को ई नाम से जोड़कर डिजिटल पेमेंट कराने के लिये चुना गया है वहीं व्यापार करने के मामले में हजारीबाग को पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है डिजिटल पेमेंट में पूरे देश में प्रथम आने से यहां के किसान उत्पादक समूह व कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव राकेश कुमार सिंह काफी उत्साहित हैं सचिव राकेश कुमार सिंह ने कहा कि किसानों के सहयोग से यह उपलब्धि प्राप्त हुई है उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी बेहतर काम करने का प्रयास होगा

चुनाव कराने को लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श कर इस पर निर्णय लिया जायेगा श्री तिवारी ॅने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया उन्हानें कहा है कि जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तैयारियों को जानने के लिये बैठक की जायेगी

नगर पालिका चुनाव को पिछले साल मई में ही एक्सटेशन दिया गया था जबकि बारह नगर निकायों में चुनाव और उपचुनाव होने है इनमें से पांच नगर निकायों में उप चुनाव होने है दस हजार तीन सौ सत्तर जनप्रतिनिधियों का चयन पंचायत चुनाव से होना है

सभी अधिकारियों को पूर्व पदस्थापित स्थान पर ही रखा गया है वहीं उनके पद को उत्क्रमित कर दिया गया है

उत्तर प्रदेश में अब तक दस दशमलव दो प्रतिशत लोगों को टीका लगाने का काम किया जा चुका है चारा घोटाले में सजायाफ्ता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई उन्नीस फरवरी को होगी लालू प्रसाद की जमानत पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा इस दौरान उच्च न्यायालय के न्यायधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद के काटी गयी आधी सजा को लेकर पंद्रह फरवरी तक सत्यापित प्रति जमा करने का निर्देश दिया दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने लालू प्रसाद द्वारा हिरासत में बितायी गयी अवधि से संबंधित सर्टिफाइड प्रति पंद्रह फरवरी तक दायर करने का निर्देश दिया इस मामले में अब उन्नीस फरवरी को अगली सुनवाई होगी लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं लातेहार जिला में कोल परियोजनाओं को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया

रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे झारखंड सहित देश भर के लगभग छह हजार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की मांग रांची के सांसद संजय सेठ ने विदेश मंत्री एसजय शंकर से मिलकर की है इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री को पूरे मामले से अवगत कराते हुए ज्ञापन भी सौंपा श्री सेठ ने कहा है कि झारखंड के दो सौ विद्यार्थी रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं जबकि पूरे देश भर से लगभग छह हजार विद्यार्थी रूस में अध्ययन अध्यापन के लिए जाते हैं इसमें अधिकांश विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं कोरोनावायरस जब पूरी दुनिया में फैल रहा था ऐसे समय में इन विद्यार्थियों को केन्द्र सरकार ने वापस अपने देश लायी थी कोरोना का संक्रमण अभी थमा नहीं है इसके बावजूद रूस द्वारा इन विद्यार्थियों पर वापस रूस आने का दबाव बनाया जा रहा है रूस के विभिन्न शैक्षणिक संस्थान अलग अलग माध्यमों से इन विद्यार्थियों पर रूस वापसी का दबाव बना रहे हैं लेकिन कोरोना के खतरे के कारण विद्यार्थी फिलहाल रूस लौटना नहीं चाहते हैं संजय सेठ ने कहा है कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इस समस्या के समाधान के लिये रूस से बातचीत करे पहली बार आयोजित भारतीय खिलौना मेला दो हजार इक्कीस में झारखंड से पांच लोगों का चुनाव किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उद्योग एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कल संयुक्त रूप से भारतीय खिलौना मेले के वेबसाईट का उदघाटन किया था यह मेला सत्ताईस फरवरी से दो मार्च तक ऑनलाईन चलेगा जमशेदपुर के रहने वाले राहुल राज के संख्या ऐप का चयन भी इस ऑनलाईन मेले के लिए किया गया है

इस कृषि मेले में रामगढ़ की विधायक ममता देवी सहित जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के अलावा रामगढ़ तथा चितरपुर प्रखंड के प्रगतिशील किसान भी उपस्थित थे इस मेले में किसानों के द्वारा उगाए गए उत्कृष्ट सब्जी फल एवं पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई थी कृषि मंत्री श्री बादल ने बताया है कि बजट के जरिये लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास सरकार करेगी झारखंड सरकार समाज के कमजोर वर्गो को मदद करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं पेंशन योजना के जरिये सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सबल कर रही है

वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में डीजी के पद पर तैनात थे पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नीरज सिन्हा ने पदभार ग्रहण करते ही अपराध पर पुलिस के नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता बताया उन्होंने कहा कि देशविरोधियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शे नीरज सिन्हा वर्तमान में जैप के डीजी थे उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी का अतिरिक्त प्रभार था

झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने कहा है कि महिला की सुरक्षा प्राथमिकता होगी और साइबर अपराध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे ऑनलाइन एफआईआर को और व्यवस्थित किया जाएगा उग्रवाद पर नकेल और विधि व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता में शामिल होगी बेहतर अनुसंधान हो और अभियोजन बेहतर हो ताकि अपराधियों को शीघ्र और सख्त सजा मिल सके

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कल राजधानी रांची के रिंग रोड पर मदरा मुंडा चौक पर महाराजा मदरा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे कल एक समारोह आयोजित कर महाराजा मदरा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा मदरा मुंडा की प्रतिमा को राजस्थान से मंगवाया गया है अनावरण समारोह के संयोजक सोमनाथ मुंडा ने बताया है कि महाराजा मदरा मुंडा एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी शासक थे